आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है उन्होंने कहा कि भारत हाल के दिनों में विश्व में औषधि का मुख्य केन्द्र बनकर उभरा है

उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना काल में एक विशेष स्थान बनाया है श्री मोदी ने कहा कि इस कठिन समय में भी देश ने अपनी एकजुटता दिखाई है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अवसरों का देश है उन्होंने कहा कि देश उत्साह और ऊर्जा से भरपुर है समूची दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है उन्होंने सभी चुनौतियों को निपटने और आत्म निर्भरता के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया

खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड की डोडमा पंचायत में विधायक कोचे मुंडा और जिला परिषद की अध्यक्ष जोनिका गुड़िया ने कल सोलर आधारित जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया मौके पर विधायक मुंडा ने कहा कि सोलर आधारित जलापूर्ति योजना के शुरू होने से गांव में जलापूर्ति के लिए बिजली के भरोस नहीं रहना पड़ेगा

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार करदाताओं पर विश्वास करती है इसलिए वह एक समन्वयक की तरह काम कर रही है मुंबई में कल उद्योगपतियों को बजट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वह करदाता के हर रुपये की कद्र करती हैं और चाहती हैं कि उनके एक एक पैसे उचित इस्तेमाल हो ताकि संपत्ति को अर्जित किया जा सके केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड उपकर के माध्यम से आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालकर अपने विचार स्पष्ट कर दिये हैं कोविड उपकर के बारे में मीडिया के अनुमानों को खारिज करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं लेकिन भारत ने टिके रहने का रास्ता ढूंढ लिया है

सूत्रों के अनुसार आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी छुट्टी मिलने के बाद भी चेन्नई में ही लगभग एक सप्ताह तक रहेंगे नवंबर महीने में उनके फेफड़े का ट्रांसप्लांट किया गया था जिसके बाद लगातार उनकी स्थिति में सुधार हो रहा था डॉक्टरों के अनुसार रांची पहुंचने के बाद उन्हें कई सावधानियों के साथ रहना होगा उन्हें गंदगी और एलर्जी वाले स्थानों से दूर रहना होगा

राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल सशस्त्र सीमा बल आईटीबीपी तथा रक्षा बल की टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी हैं सेना और राज्य सरकार की मेडिकल टीमें भी एम्बुलेंस के साथ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के काम में जुटी हैं एनडीआरएफ की टीमों को विमान से घटनास्थकल पर उतारा गया है देश की पहली भू तापीय बिजली परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में लगाई जाएगी वैज्ञानिकों ने पूगा की पहचान देश में भू तापीय ऊर्जा के केन्द्र के रूप में की है प्रायोगिक परियोजना के पहले चरण में एक मेगावाट बिजली उत्पावदन क्षमता सुजित की जाएगी

यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है जयपुर के एस एम एस मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के वरीय प्रोफसर डॉक्टर रमन शर्मा चर्चा में भाग लेंगे

मंत्रालय ने बताया कि अब तक एक करोड पांच लाख से अधिक मरीज इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं राज्य भर में कल नौ हजार आठ सौ छियासठ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया टीका लेनेवालों में पांच हजार चार सौ संतानबे स्वास्थकर्मी और चार हजार तीन सौ नौ फंटलाइन वर्कर शामिल हैं प्रदेश में अब तक कुल एक लाख छह हजार दो सौ इक्कसीस लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है

उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा है जिला प्रशासन की लगातार कोशिश के बाद परिणाम अच्छे आ रहे हैं उन्होंने इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ गोपाल दास को अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने को कहा है सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहे टीकाकरण केंद्र में आने वाले लोगों को काउंसिलिंग करने की भी बात कही है ताकि वह ख्रद प्रेरित हों और दूसरों को भी जागरूक करें

मंत्रालय ने बताया कि अब तक एक करोड पांच लाख से अधिक मरीज इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव सात तीन प्रतिशत हो गई है

रांची से ही एक संक्रमित की मौत हो गयी

इनमें चार सौ एकतीस सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख सत्रह हजार पांच सौ आठ मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार अठहत्तर मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं

सोलह आयु बालक वर्ग की सौ मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में धीरज कुमार पहाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया चौदह आय् बालक वर्ग में अफरोज अहमद ने ऊंची कृद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल किया

इस उपलब्धि पर झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है

जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज मालदा में चल रहा है

पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए बीमा कंपनियों से निविदा आमंत्रित किया है